प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह प्रस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका निभाने और दो हजार बाईस तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है साउंड बाईट चौपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायु और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है

क्लाइमेट की चिंता जबतक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक क्लेमिटी से बच पाना मुश्किल है पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है ये हजारों वर्षो से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गूतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते हैं और जलवायु से मिलने वाले फायदों को जानते हैं साउंड बाईट प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के अस्तित्व के समक्ष एक सीधी चुनौती है वे ये भी जानते हैं कि इस विनाश से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए विश्व के अन्य नेता भी इस समस्या को पहचानते और समझते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न केवल इस चुनौती को पहचानते हैं बल्कि इसके हल की दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रहे हैं विदेश मंत्री स्षमा स्वराज ने कहा कि श्री मोदी का हमेशा यह विश्वास रहा है कि देश विकास के पथ पर चलते हुए पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के नेतृत्व का उचित सम्मान है साउंड बाईट ये पुरस्कार उस असाधारण नेतृत्व का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ विश्व को भी प्रदान कर रहे हैं ये पुरस्कार उस संकल्प का सम्मान है जो विश्व को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने गरीबों के कल्याण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की केन्द्रीय कैबिनेट ने गेहूं चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक सौ पांच रूपये प्रति क्विंटल जबकि चने के लिये दो सौ बीस रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है वहीं मसूर के एमएसपी में दो सौ पच्चीस रूपये प्रति क्विंटल और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो सौ रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है यह बढ़ोतरी इन फसलों के लागत मूल्य से काफी अधिक है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के थानाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महतो सहित दो प्रलिस कर्मियों को शराब बेचने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है थाने में पदस्थापित एएसआई सुधीर कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया पुलिस अधीक्षक राशिद जमां ने स्वयं ये गिरफ्तारी की है दोनों पुलिस कर्मी थाना परिसर से ही तस्करों से जब्त की गयी लगभग चालीस लाख रूपये मूल्य की शराब बेच रहे थे प्रलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्तार दोनों पूलिसकर्मी और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है दोनों को निलंबित कर दिया गया है पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि गरीबी उन्मूलन और मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में बिहार ने सराहनीय प्रगति की है बावजूद इसके राज्य आर्थिक सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि वित्त आयोग केन्द्रीय करों में हिस्सा और संसाधनों के बंटवारे पर राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा जिससे अगले दस सालों में राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके

श्री कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की शर्तों को आयोग को फिर से देखना चाहिए इस पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है वित्त आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को मांग पत्र भी सौंपा गया मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई को आज सिकंदरपूर श्मशान घाट की खुदाई में कई कंकालों के अवशेष मिले हैं अवशेषों में खोपड़ी हाथ और सीने की हड्डियां शामिल हैं हमारे संवाददाता केके कौशिक ने बताया कि जांच टीम के साथ गयी फोरेसिंक टीम ने बरामद कंकाल के नमूने एकत्रित किये अब इन नमूनों को जांच के लिये प्रयोगशाला भेजा जायेगा यह खुदाई कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के चालक विजय तिवारी की निशानदेही पर की गयी माना जा रहा है कि इनमें से कुछ कंकाल बालिका गृह से लापता बतायी जा रही लड़कियों के हो सकते हैं गौरतलब है कि बालिका गृह से मुक्त करायी गयी लड़कियों ने आरोप लगाया था कि कुछ लड़कियों की हत्या कर उनके शव को ब्रजेश ठाक्र ने दफना दिया था इसके बाद बिहार प्रलिस ने बालिका गृह परिसर की भी खुदाई करवायी थी जिसमें कुछ भी बरामद नहीं हुआ था नालंदा जिले के बिहारशरीफ से पिछले दिनों अपहृत बैंक मैनेजर जयवर्द्वन की अपराधियों ने हत्या कर दी है उनका शव झारखंड के तिलैया से बरामद किया गया है वे मूल रूप से नालंदा जिले के बड़गांव के रहने वाले थे और शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड स्थित कसार में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित थे गांव जाने के दौरान अपराधियों ने शाखा प्रबंधक का अपहरण कर लिया था इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने बिहारशरीफ में जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल बरामदगी मामले में आज भी पुलिस ने खोज अभियान चलाया गंगा नदी सहित शहर के कई नदी और नालों में गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया हथियार तस्करों की गिरफ्तारी में पुलिस को पता लगा है कि मुंगेर में आपराधिक गिरोहों को सत्तर एके सैंतालीस राइफल आपूर्ति की गयी है जिसमें से अब तक बीस को बरामद किया जा चुका है वैशाली सीवान रोहतास और सहरसा जिले में डूबने की अलग अलग घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत दरौल टोका टोला के पास घाघरा नदी में स्नान करने के दौरान तीन सगे भाई बहनों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि जिउतिया पर्व को लेकर स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ वहीं वैशाली जिले के सहदेई आउट पोस्ट के इब्राहिमपुर गांव के पास घाघरा नहर में स्नान करने के दौरान चाचा भतीजे की डूबने से मौत हो गयी जबकि जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मामू भांजा मजार के पास तालाब में स्नान करने के दौरान एक सात वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गयी इधर सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के सीरा घाट के पास नदी में स्नान करने के दौरान दो बच्चियों की डूबने से मौत की खबर है रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र के रामरेखा घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी